इनमें त्रिपुरा की वह एक सीट भी शामिल है

आज हो रहे मतदान में दोनो प्रमुख राजनैतिक दल भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हई है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ग्रजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव मैदान में है लगातार आठ बार से जीतती आ रही भाजपा के लिये ये सीट गढ हैं दूसरो तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी केरल की वायनाड सीट से किस्मत आजमा रहे है

उनकी सभा के लिये प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकुल बंदोबस्त किये गये है

उदयपुर में कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की रक्षा कैसे होनी चाहिए चुनावों में इसकी भी बात होनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने यह साबित किया है कि इस देश में ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वंशवाद में विश्वास नहीं करती उन्होंने सेना में भर्ती होने को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान की भी निंदा की

जैतारण में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को कायम रखा तथा अपनी सूझ बूझ से खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने कहा कि उनके काल में ही देश में पहली बार परमाण परीक्षण किये गये श्री गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में हए कामों को भी गिनाया

श्री पायलट कल अजमेर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क सभाओं को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

भाजपा ने जहां अर्जुन राम मेघवाल पर फिर से दांव खेला है वहीं कांग्रेस ने मदन गोपाल मेघवाल को पहली बार मैदान में उतारा है

कल जैसलमेर के सोनार किले की अखेप्रोल में राजा भतुरीहरि रम्मत का आयोजन किया गया इस दौरान प्रतिभागियों ने लोकगायकी के स्वर और ताल पर मजबूत लोकतंत्र के लिये स्वविवेक के आधार पर मतदान करने की अपील की